अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है वे आज नई दिल्ली में पार्टी के दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के विकास कार्यक्रमों को मतदाताओं के पास लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से देश भर में पार्टी की उपरिथिति का विस्तार करने को भी कहा श्री शाह ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को मुगमरिचिका करार दिया और कहा कि केन्द्र में भाजपा के वापस आने में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे सीबीआई वर्मा सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा ने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए के सीकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जून खड़गे वाली उच्च शक्ति प्राप्त चयन समिति ने बहुमत के निर्णय से कल उनका तबादला करने का फैसला लिया था

न्यायमूर्ति नज़मी वज़ीरी ने सीबीआई अधिकारी देवेन्द्र कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद द्वारा लिखाई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से भी इनकार कर दिया उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अस्थाना और कुछ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामले की छानबीन दस सप्ताह के भीतर पूरी करें कमलनाथ विधानसभा के पटल पर कल रखी गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पिछली सरकार में किस तरह का गठजोड़ काम कर रहा था श्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय प्रबंधन की कमजोरियां उजागर हुई हैं उससे करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आयी है उन्होंने कहा कि सारे मामलों की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

तीन दिन के इस आयोजन में दुनिया भर से भारतीय मूल की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी विदेश राज्यनमंत्री वी के सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में सात सत्र होंगे इसके पहले दिन युवाओं से संबंधित कार्यक्रम होंगे पुण्यतिथि शास्त्री देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पुण्य तिथि पर आज प्रदेश के नागरिकों ने श्रद्वांजलि दी और उनके योगदान को याद किया मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्वर्गीय श्री शास्त्री को श्रद्दांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

श्री जायसवाल ने कहा कि राजस्थान मॉडल का अध्ययन कर कार्य योजना बनाएँ उन्होंने सभी अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए यह बात उन्होंने आज भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय में अधिकारियों की बैठक में कहीं श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में सर्वे कार्यपूर्ण होने पर खदानों की नीलामी की जाये वन विभाग में लंबित प्रकरण के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाये

युवा दिवस प्रदेश भर में कल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस अवसर पर सभी स्कूल कॉलेज में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जायेगा भोपाल के स्कूलों में भी आयोजित सूर्य नमस्कार में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया है कि जिले में होने वाले सूर्य नमस्कार में छात्र छात्राओं के साथ ही स्वयंसेवी संगठन और आमजन भी भाग लेंगे

झाबुआ में भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा राजगढ़ में कलेक्टर ने सुर्य नमस्कार कार्यक्रम में लोगों से बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है सामूहिक सूर्य नमस्कार सभी शिक्षण संस्थाओं में एक साथ एक संकेत पर किया जायेगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो के सभी प्राइमरी चैनल और विविध भारती से होगा राज्यपाल शुभकामनाएं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मकर संक्रांति लोहड़ी और पोंगल पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा कि हमारे देश की विविधता में एकता की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध और अद्वितीय है श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारे देश में सभी त्यौहार एकता शांति सदभाव और भाई चारे के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाये जाते हैं सभी देशवासी एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होते हैं उन्होंने कहा कि मकर संक्राति लोहड़ी और पोंगल का त्योहार समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है लाखन सिंह पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में अब निराश्रित गौवंश का यूआईडी टैग से पंजीयन किया जा रहा है उसके बाद निराश्रित गौवंश को गौ शालाओं में रखा जायेगा सबसे पहले हाई वे के आसपास के क्षेत्र के ग्रामों में गौ शाला खोलेंगे श्री यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया शुरूआती दौर में भोपाल में आवारा तरीके से घूमते निराश्रित गाय बैल को पकड़कर गौशाला में रखा जायेगा

लिटरेचर फेस्ट भोपाल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल की पहली कड़ी कल से शुरू हो रही है भारत भवन में होने वाले इस तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उदघाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे वहीं केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोन्स भी उदघाटन सत्र में शामिल होंगे इस लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग लेंगे मौसम पिछले तीन दिनों में प्रदेश के तापमान में ज्यादा परिर्वतन नहीं हुआ है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया